प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्रह फरवरी को बरौनी में आयोजित समारोह में घरों में पाईप के जरिये गैस पहुंचाने की योजना की शुरूआत करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक पवन शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री बरौनी से रिमोर्ट कंट्रोल के जरिये पीएनजी और सीएनजी सप्लाई का उद्घाटन करेंगे उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गयी है राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के बजट में किसानों के कल्याण के लिए तीन हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है वित्त मंत्री सुशील कूमार मोदी ने विधानसभा में बजट पेश करते हये कहा कि कृषि बजट की अधिकांश राशि अगले एक वर्ष के दौरान नई तकनीक के लिए अनुदान सिंचाई कृषि शिक्षा और फसल सहायता के रूप में खर्च की जायेगी इससे किसानों की समृद्धि के साथ पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी बजटीय प्रावधान के अनुसार प्राकृति आपदा और अन्य प्रकार की आपदाओं से किसानों की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रति परिवार किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रूपये का लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिलेगा इससे कृषि क्षेत्र में विकास की नई सम्भावनएं सृजित होगी बजटीय प्रावधान में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी प्रमुखता दी गयी है सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए चौंतीस हजार सात सौ अट्ठानवे करोड़ रूपये का प्रावधान किया है स्वास्थ्य विभाग के लिए नौ हजार छह सौ बाईस करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है यह कुल बजट का चार दशमलव आठ शून्य फीसदी है पटना समेत चार स्मार्ट सिटी के लिए छह सौ बीस करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है पटना मेट्रो के दो रूटों के निर्माण के लिए सत्रह हजार आठ सौ सत्तासी करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं पहले चरण में दानापुर से मीठापुर तक और दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से नये अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल तक मेट्रो का निर्माण किया जायेगा राज्य मंत्रिमंडल ने निजी स्कूलों की मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि पर रोक लगाने के लिए प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल दो हजार उन्नीस के प्रारूप को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया विधेयक के अनुसार सालाना सात फीसदी से अधिक शुल्क वृद्धि पर स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा गठित कमिटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पीजी डॉक्टरों को बड़ी राहत देते हुए तीन साल तक सेवा देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई अब ऐसे डॉक्टरों को इसके लिए बांड नहीं भरना पड़ेगा कैबिनेट ने प्रखंडों में संविदा पर काम कर रहे कृषि समन्वयकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है कैबिनेट की बैठक में कुल बत्तीस प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि अधिकतर राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पूरा भरोसा व्यक्त किया है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसे लेकर भ्रामक दुष्प्रचार में लगे हैं श्री अरोड़ा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मशीनों में छेड़छाड़ करना और उनमें गड़बड़ी आना दो अलग अलग बातें हैं और दोनों में अंतर है उन्होंने कहा कि मशीनों से छेड़छाड़ का कोई भी आरोप अबतक साबित नहीं हो सका है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने ग्राहकों को अपनी रूची के अनुसार चैनल चुनने के लिए समय सीमा एकतीस मार्च तक के लिए बढ़ा दी है ट्राई द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इस बीच सभी डीटीएच और एमएसओ को ग्राहकों की सुविधा के लिए बेहतर पैकेजिंग बनाने के लिए कहा गया है बर्ड फ्लू के कारण पचास दिनों से बंद पटना स्थित चिड़ियाघर पशुपालन निदेशाल से प्रमाण पत्र मिलने के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया है चिड़ियाघर सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुला रहेगा राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि मौजूदा समय में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय में अकादमिक और परीक्षा कैलेंडर के अनुरूप कार्य होने के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं श्री टंडन ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए अल्पकालिक मध्यकालिक और दीर्घकालिक नीतियां तैयार की जा रही हैं इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आयेगा देहरादून में खेले जा रहे महिला अंडर नाईनटिन वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने सिक्किम को एक सौ बावन रनों से हरा कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की बिहार का अगला मुकाबला कल मणिपुर से होगा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी आज से सोलह फरवरी तक जगजीवन राम स्टेडियम दानापुर में अंतर सीमांत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है प्रतियोगिता में एसएसबी की सात टीमें भाग ले रही है इसका उद्घाटन सीमांत मुख्यालय एसएसबी पटना के डीआईजी सुधीर वर्मा करेंगे आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सम्पन्न राष्ट्रीय मास्टर्स ऐथिलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार ने दो स्वर्ण समेत छह पदक जीते ज्योति एस नायर ने शॉटपुट में जबकि अंजू ने ट्रीपल जंप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने मिशन जल संरक्षण दरभंगा के नाम से जिले में पानी की समस्या से निपटने की कार्ययोजना बनाई है उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत लगभग नौ लाख के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक प्रखंड में दो दो चेक डैम बनाये जायेगे सूचना और जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक विद्याभूषण कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में सजाने और विकसित करने के लिए नगर के सरकारी भवनों की चहारदीवारियों पर मधुबनी पेंटिंग कराने का कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जायेगा कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दलन चौक के पास एक फाइनेंस कम्पनी के कर्मचारी से अपराधियों ने साढ़े चाल लाख रूपये लूट लिये शिवहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया पटना जिले के सालिमपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत नदी में अवैध रूप से बालू खनन कर रहे चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस ने इनके पास से एक पॉक्लेन मशीन सात ट्रैक्टर और दो हाईवा जब्त किये हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा में कदाचार के अरोप में कल विभिन्न जिलों से तेईस परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा में पेश दो हजार उन्नीस के बजटीय प्रावधानों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है सभी अखबारों ने इन आंकड़ों के लिए कार्टून और ग्राफिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है इसके लिए आकर्षक शीर्षक लगाये गये है हिन्दुस्तान का शीर्षक है शिक्षित युवा स्वस्थ सूबा प्रभात खबर ने लिखा है विकास की सवारी सब की हिस्सेदारी दैनिक जागरण का शीर्षक है खुशहाल गांव विकसित बिहार दैनिक भास्कर ने बजट के निर्णय को लेकर शीर्षक बनाया है सात नहीं अब नौ निश्चय अखबारों ने बजट को लेकर विभिन्न पार्टियों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय भी प्रकाशित की है सभी अखबारों ने तीन चार पन्नों में बजटीय प्रावधानों और आंकड़ों को प्रकाशित किया है